राज्यपाल ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवीसदानंद गौड़ा को लिखे पत्र में ये केंद्र खोलने का आग्रह किया है पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्याए एक ज्वलंत मुददा बन गया है इस मुददे पर एनआईपीईआर जैसे संस्थानों का विशेषज्ञ सहयोग के माध्यम से व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण राज्य है और यदि यहां उत्कृष्ट केंद्र खोला जाता है तो इस अधिनियम का औचित्य पूर्ण होगा राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों और भारत चीन व्यापार में आ रही समस्याओं के कारण मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करने तथा हिमाचल में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आज से आरंभ हुई स्नातक कक्षाओं की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सीबीबारोवालिया की खंडपीठ ने ये रोक लगाने का फैसला सुनाया ये रोक छात्र संगठन एनयूएसआई द्वारा हाईकोर्ट में इन परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनाया गया है खंडपीठ ने आदेश दिए हैं कि इन परीक्षाओं को लेकर आगामी आदेशों तक रोक बरकरार रहेगी याचिकाकर्ता ने कहा था कि परीक्षाओं को लेकर मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है ऐसे में कोरोना काल में परीक्षाएं करवाना उचित नहीं है इसलिए इन पर तुरंत रोक लगाई जाए आज स्नातक स्तर की कक्षाओं की पहली परीक्षा थी इस दौरान प्रदेश विश्वविद्यालय के आदेशों पर राज्य के सभी महाद्यालयों में कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे हालांकि इसके बावजूद विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और अधिकांश स्थानों पर परीक्षा से पहले तथा परीक्षा के बाद सामाजिक दूरी की पालना भी नहीं हो पाई राज्य में अधिकांश स्थानों पर अभी भी निजी बसें नाम मात्र की चल रही है जिस कारण विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने में भी समस्याएं झेलनी पड़ी मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है कि कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं व युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार शुरू करने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास संस्थान खोले जाएंगे मारकंडा आज लाहौल घाटी के एक दर्जन गांवों का दौरा करने और जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे उनहोंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही रोहतांग सुरंग का उदघाटन करेंगे इससे लाहौल घाटी में पर्यटन को नई ऊंचाईयां मिलेगी उन्होंने स्थानीय लोगों से पर्यटन विकास की दृष्टि से कार्य करने का आहवान किया ताकि घाटी में रोजगार के नए अवसर खुलें और स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके मारकंडा ने जिले के अपने दौरे के दौरान करोड़ों रूपए के विकास कार्यों के उदघाटन व शिलान्यास किए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कृषि विभाग को आगे ले जाने और मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे वीरेन्द्र कंवर आज उना के थानाकलां में भाजपा अनुसुचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे ये समारोह वीरेन्द्र कंवर के कृषि मंत्री बनने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया कंवर ने कहा कि राजनीति के जीवन में उन्होंने हमेशा गांव व गरीब की सेवा करने का प्रयास किया है इसी का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री उन्हें कृषि विभाग का दायित्व भी सौंपा है उन्होंने कहा कि वे कृषि विभाग के माध्यम से किसानों की बेहतरी के लिए प्रयास जारी रखेंगे

न्यायालय ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता

डीसी कांगडा कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को पारंपरिक उत्पादों को बेहतर तरीके से तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें राष्ट्रीय फैशन डिजाईन संस्थान और पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी